श्री कुशवाहा ने एनडीए से भी अलग होने की घोषणा की

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया श्री कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से अलग होने की भी घोषणा की नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री क्शवाहा ने आरोप लगाया कि एनडीए में उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जाती रही जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर भी उन्होंने अपनी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया श्री कुशवाहा ने कहा कि आगे की रणनीति शीघ्र ही तय की जायेगी उन्होंने थर्ड फ्रंट बनाने की भी बात कही श्री कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में शामिल होने के विकल्प पर भी विचार किया जायेगा और यदि जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी अकेले भी चुनाव में उतर सकती है उन्होंने स्पष्ट किया कि वे लोकसभा चुनाव काराकाट संसदीय क्षेत्र से ही लड़ेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि उपेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के एनडीए से अलग होने से गठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी ताकत के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगा श्री राय ने कहा कि एनडीए में श्री कुशवाहा को हमेशा सम्मान मिला श्री राय ने कहा कि गठबंधन से अलग होने का वे जो तर्क दे रहे हैं वह सही नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के फैसले पर जदयू नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बीच गठबंधन नहीं था श्री सिंह ने कहा कि उनका सरकार में रहना और नहीं रहना खुद का फैसला है इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आरोप लगाया है कि रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा एक अवसरवादी नेता हैं श्री चौबे ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मात्र तीन सांसद होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया साढ़े चार साल मंत्री पद पर रहने के बाद उनका यह कहना कि सरकार अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी पूरी तरह से बेबुनियाद और अवसरवादिता है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विधायक सुधांश शेखर ने कहा है कि वे अपने समर्थकों के साथ अगले एक दो दिनों में जदयू में शामिल होंगे हालांकि विधायक ललन पासवान ने कहा कि उनके नेतृत्व वाला गूट ही असली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति पर वे अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श के बाद कोई फैसला करेंगे

उन्होंने कहा कि आरबीआई में काम करना उनके लिये गर्व की बात रही उनका कार्यकाल नौ महीने शेष बचा था इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उर्जित पटेल का कार्यकाल उल्लेखनीय रहा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में सरकार का योगदान दस प्रतिशत से बढ़ाकर चौदह प्रतिशत कर दिया है आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि योजना से बाहर जाने पर कर मुक्त एक मुश्त राशि की सीमा बढ़ाकर साठ प्रतिशत कर दी गई है इसके साथ ही निकासी की पूरी राशि आयकर से मुक्त हो जाएगी पेंशन योजना के टियर टू के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी के डेढ़ लाख रुपए तक के योगदान पर अब अस्सी सी के अंतर्गत आयकर नहीं लगेगा मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मूख्य आरोपी ब्रजेश ठाक्र की संस्था सेवा संकल्प समिति के मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम कमरों से सामानों को निकाल रही है इसके बाद अवैध रूप से बने इस पूरे भवन को ध्वस्त कर दिया जायेगा मौके पर सीबीआई के अधिकारी भी मौजूद हैं इससे पूर्व आज सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह के मकान को ध्वस्त करने की सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया साथ ही न्यायालय ने कहा कि ब्रजेश ठाकुर के साथ पटियाला स्थित जेल में मारपीट का कोई सबूत नहीं मिला है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है ब्रजेश ठाकुर के परिजनों ने प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उनकी मेडिकल जांच की मांग की थी राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये मानवाधिकार का संरक्षण जरूरी है आज विश्व मानवाधिकार दिवस पर पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री टंडन ने कहा कि मानवाधिकार मूल रूप से स्वतंत्रता समानता और गरिमा का अधिकार है इधर आज प्रदेश में मानव अधिकारों को पहचान देने और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के संकल्प के साथ मानवाधिकार दिवस मनाया गया पांच राज्यों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान तेलंगाना और मिजोरम के लिये सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह आठ बजे से शुरू होगी मतगणना के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर दो बजे तक परिणामों की ताजा जानकारी देने के लिये विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा यह आकाशवाणी के सभी चैनलों पर उपलब्ध रहेगा

आठ जनवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान क्ल बीस बैठकें होंगी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चूनाव से पहले यह संसद का अंतिम सत्र होगा संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए आज सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सत्र के दौरान देश के लोगों और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए पछ्आ और हिमालय क्षेत्र से आ रही उत्तरी ठंडी हवा के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनूसार अगले एक सप्ताह में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की सम्भावना है मौसम विभाग कहा है कि सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड के साथ कनकनी का अहसास होगा सूबह के समय हल्की धूंध भी छायी रहेगी छह डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान नौ पूर्णिया का दस और भागलपुर का ग्यारह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जहानाबाद जिले के चर्चित अपर लोक अभियोजक हत्याकांड में जिले की एक अदालत ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है वर्ष दो हजार सात में जिले के मखद्मपूर थाना क्षेत्र में एक मुकदमे को लेकर तत्कालीन अपर लोक अभियोजक दीनदयाल यादव की हत्या कर दी गयी थी पॉक्सो कानून के तहत प्रदेश के पहले बालमित्र न्यायालय का आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने पटना में उद्घाटन किया पटना सिविल कोर्ट परिसर में स्थापित इस विशेष न्यायालय में पोक्सो कानून के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई होगी सुपौल मुजफ्फरपूर अररिया और गोपालगंज जिले से पूलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर लाखों रूपये मूल्य की शराब के साथ सात तस्करों को गिरफ्तार किया है दूसरी तरफ सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मठिया गांव में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत का मामला प्रकाश में आया है प्रलिस मामले की छानबीन कर रही है वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी रेलवे गुमटी के पास पूलिस ने चार अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है इधर अररिया जिले के फारबिसगंज से पूलिस ने तीन अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है जमुई के पूर्व मुखिया बबुआ सिंह हत्याकांड मामले के मुख्य शूटर को पुलिस ने झारखंड के सरायकेला से गिरफ्तार कर लिया है नेपाल में भगवान राम और सीता माता के विवाह का त्यौहार विवाह पंचमी का समारोह एतिहासिक नगर जनकपुर में चल रहा है सप्ताहभर तक चलने वाले इस समारोह में राम सीता के विवाह के विभिन्न अन्ष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं इधर सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पूनौराधाम और रजत द्वार मंदिर में भी विवाह पंचमी को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरिहिंडा मुहल्ला स्थित एक गोदाम से पुलिस ने कालाबाजारी के लिये रखे गये चार सौ अठासी बोरा अनाज को जब्त किया है खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के गोगरी बाजार स्थित एक कूरियर कंपनी से अपराधियों ने हथियार के बल साढ़े तीन लाख रूपये लूट लिये आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने और अपनी अन्य मांगों के समर्थन में आज सहरसा समाहरणालय के पास प्रदर्शन किया

श्री कुशवाहा ने एनडीए से भी अलग होने की घोषणा की